प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाई दिवाली सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का दिखा असर दिन में नहीं चले पटाखे

दीपावली दीपों का त्यौहार दीपावली आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास व धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है

इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देववत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश वासियों को दीपावली के अवसर पर श्भकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ये पर्व ख्रशी और अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक है मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि दीपावली का पर्व आपसी मेलजोल एकता व हर्षोल्लास का द्योतक है और उन्होंने उम्मीद जताई कि यह त्यौहार सबके जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दीपावली को प्रेरणा का त्यौहार बताया और कहा कि इससे नई स्फूर्ति शक्ति और नए सदविचारों से समाज सेवा की प्रेरणा मिलती है उन्होंने सभी के मंगल व समाज व देश की प्रगति की कामना की जेपी नड़डा दीपावली के पावन पर्व पर बिलासपूर के विजयपूर में दीप मिलन कार्यक्रम मना रहे हैं वहीं इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों में पारम्परिक व्यंजन बनाए गए हैं दीपावली को देखते हुए पथ परिवहन निगम की ओर से शाम चार बजे तक ही बस सेवाए चलाई गई इसके अलावा राज्य के लंबे रूटों सहित बाहरी राज्यों के लिए चलाई गई विशेष बसों का स्टाफ भी यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के बाद दिवाली मनाने चला जाएगा प्रधानमंत्री दीपों का त्यौहार दीपावली आज पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की विजय के इस त्यौहार को रोशनी पर्व के रूप में मनाया जाता है और लोग इस अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड में दूर दराज की एक चौकी हरसिल में भारतीय सेना तथा भारत तिब्बत पुलिस बल के जवानों के साथ आज दीपावली मनाई इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जवानों को बधाई देते हुए कहा कि दूरदराज की बर्फीली पहाड़ियों पर उनके निष्ठापूर्ण कार्य से देश मजबूत बन रहा है उन्होंने कहा कि जवान अपनी निष्ठा और अनुशासन से लोगों में सुरक्षा व निर्भयता की भावना का संचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में ऊंची छलांग लगा रहा है उन्होंने जवानों को भिठाइयां भी वितरित की इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह रूद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की उन्होंने केदारपुरी में जारी विकास कार्यों की समीक्षा भी की ग्रीन दिवाली वहीं पूरे देश की तरह इस बार दिवाली पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का प्रदेश में भी साफ असर दिखाई दिया

निश्चित समयावधि से पहले या बाद में पटाखे फोड़ने की सूरत में न्यायालय की अवमानना और प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है प्रदेश सरकार की ओर से पूलिस विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को न्यायालय के आदेशों की अनुपालना की सख्त हिदायत दी गई थी राजधानी शिमला में भी दिन के समय इस बार दीपावली पर पटाखे नही चले ये पहला मौका है जब बच्चे पटाखों का प्रयोग कम कर ग्रीन दीपावली मना रहे हैं